सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

दमोह विधानसभा चुनाव के लिये मतदान शुरू कोरोना से बचने के लिये किये गए हैं खास इंतजाम

प्रदेश कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर जिले में होम आयसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए वहाँ मरीजों को दवा चिकित्सा परामर्श उनकी मॉनीटरिंग के अलावा दिन में कम से कम दो बार उनसे बात की जाए प्रभारी मंत्री स्वयं भी होम आयसोलेशन के मरीजों से बात करें मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

संक्रमण की दृष्टि से मप्र का देश में छठवा स्थान है

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता है

एक लाख इंजेक्शन का ऑर्डर और दिया जा रहा है

प्रदेश के सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का संचालन आरंभ हो गया है पन्ना में प्रभारी मंत्री बुजेन्द्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की

जबलपुर में संत डॉ श्यामदास महाराज का कल कोरोना से निधन हो गया

शिवपुरी में आमलोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है

विद्यार्थियों का मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान लिए गए रिवीजन टेस्ट और अर्द्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा प्रदेश में वर्तमान कोरोना संक्रमण के विस्तार और जिलों में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति के दृष्टिगत स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए है

परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट फाइव के आधार पर की जाएगी वैक्सीन मंजूरी भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई विदेशी कोविड वैक्सीन के देश में उपयोग के संबंध में अब आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर निर्णय लेगा केन्द्र सरकार ने अमरीका की एफडीए ईएमए यूके की एमएचआरए जापान की पीएमडीए या आपात स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने के बारे में कल यह फैसला किया उधर रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी इस माह भारत को मिल जाएगी जन आंदोलन मध्यप्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के डॉ प्रवीण अग्रवाल ने कोरोना संकमण को रोकने और कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है

बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा

दमोह में मुख्य मुकाबला भाजपा के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय कुमार टंडन के बीच है यहाँ मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को एक हाथ का दस्ताना दिया जा रहा है जिसको पहन कर वह ईवीएम का बटन दबा रहे हैं

वहीं कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया